आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये नौ कदम प्रवासी मजदूरों फेरी लगाने वालों जनजातीय लोगों छोटे व्यापारियों छोटे किसानों और स्व रोजगार में लगे लोगों को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं

फसली ऋणों के भ्गतान में भी मोहलत दी गई है और इनका जल्द भ्गतान करने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी

फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड रुपये की ऋण स्विधा की घोषणा की गई है

वित्त मंत्री ने बताया कि जनजातीय लोगों को वक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार दिलाने के लिए छह हजार करोड रुपये का प्रस्ताव किया गया है जिसका कार्य श्रू हो च्का है सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि आर आई डी एफ के तहत भी रियायतों की घोषणा की है इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से प्नर्वित्त स्विधा की व्यवस्था की गई है सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम गेंह या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है इस कदम से अगले दो महीने के दौरान आठ करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय पोर्टबिलीटी कार्ड एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना का उल्लेख करते हए कहा कि इससे सभी प्रवासी मजद्रों को फायदा होगा

प्रवासी मजदरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की शहरों में सरकार के धन से निर्मित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराया आवास परिसर में बदला जाएगा

इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात सीमेंट परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी

इसका उद्देश्य तीन करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाना है केंद्रीय वित्त मंत्री ने ढाई करोड़ किसानों को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दो लाख करोड़ रुपए की रियायत देने की भी घोषणा की इस योजना में मछली पालन और पश् पालन से संबंधित किसानों को भी शामिल किया जाएगा इससे ढाई करोड़ किसानों को रियायती ब्याज दरों पर संसथागत ऋण मिल सकेगा

आकाशवाणी से बातचीत में श्री क्मार ने कहा कि श्रु में पी टी सी बंदरदेवा क्वारंटाइन सेंटर में क्छ समस्या थी लेकिन अब इसे स्लझाया गया है

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी तेरह एंट्री पोईंट के निकट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए है श्री क्मार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में फंसे अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर लोगों को वापस राज्य में लाया गया है और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का अगला कदम देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे लगभग छह हजार लोगों को वापस लाना है और इन्हें विशेष रेलगाड़ी के जरिए लाया जायेगा

इनमें से तीन असम में और दो अरुणाचल प्रदेश में चल रहे है